प्रधानमंत्री नरेन्द्रइ मोदी को आज प्रतिष्ठित सोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया यह पुरस्कार उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान और वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया प्रधानमंत्री ने यह पुरस्कार भारत के एक अरब तीस करोड़ लोगों को समर्पित किया है

श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास की कहानी केवल भारतवासियों के लिए ही नहीं बल्कि सारे विश्व के लिए अच्छी है

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि कट्टरपंथ और आतंकवाद अब वैश्विक रूप ले चुके हैं और ये वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को कोरियाई प्रायद्वीप में शांति के लिए योगदान करने पर गर्व है उन्होंने कहा कि दोनों कोरिया के बीच तथा अमरीका और उत्तर कोरिया के बीच बातचीत की मौजूदा प्रक्रिया का भारत दृढ़ता से समर्थन करता है प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सोल शांति पुरस्कार की एक करोड़ तीस लाख रूपए की राशि नमामि गंगे कोष में दे दी जाएगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अब समय आ गया है जब वैश्विक समुदाय को आतंकवाद के खिलाफ बातों से आगे बढ़कर सामूहिक कार्रवाई करनी चाहिए श्री मोदी सोल में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रापति मून जे इन के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे बाइट आज भारत के गहमंत्रालय और कोरिया के राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के बीच संपन्न हुआ एमओयू हमारे काउंटर टेरिरिज्म सहयोग को और आगे बढ़ायेगा और अब समय आ गया है कि वैश्विक समुदाय भी बातों से आगे बढ़कर इस समस्या के विरोध में एकजुट होकर कार्रवाई करे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया आतंकवाद के खिलाफ पारस्परिक तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बढ़ाने के लिए वचनबद्ध हैं प्रधानमंत्री ने पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारत को समर्थन देने के लिए राष्ट्रपति मून के प्रति कृतज्ञता प्रकट की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध किया है कि वे आतंकवाद के साजिशकर्ताओं उसको अंजाम देने वालों धन उपलब्ध कराने वालों और प्रायोजकों को सजा दिलाने में भारत के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करें

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस हमले को घूणित और कायरतापूर्ण बताया निन्दा प्रस्ताव में पाकिस्तान स्थित आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद का भी नाम लिया गया जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है परिषद ने प्रतिबद्धता व्यक्त की कि किसी भी प्रकार का आंतकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा है

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है और आतंकवाद का मुकाबला करने में भारत को समर्थन दिया है जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया अभियान शुरू होने के बाद से सोपोर और उसके आसपास इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं कल शाम से सोपोर में निषेधाज्ञा लगा दी गई है जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि यह ऑपरेशन कल रात से जारी है उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के स्वीकृत नये संविधान के तहत उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश डीके जैन को बीसीसीआई के लोकपाल के रूप में नियुक्त किया है लोकपाल राज्य क्रिकेट संघों के खिलाड़ियों से जुड़े मुद्दों और वित्तीय मुद्दों का समाधान करने की भूमिका निभाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लेखपालो और राजस्व निरीक्षकों से तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आम लोगों विशेष कर किसानों की समस्याओं को शीघ्रता से हल करने का आहवान किया आज लखनऊ में लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों को स्मार्ट फोन वितरित किये जाने के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट फोन मिलने के बाद उपज के आंकड़ों के एकत्रीकरण किसानों के बीमा से जूड़े दावों और विभिन्न प्रमाण पत्रों के जारी किये जाने में तेजी आयेगी प्रदेश सरकार ने राज्य में चौबीस हजार नौ सौ सोलह लेखपालों और तीन हजार पांच सौ अठ्हत्तर राजस्व निरीक्षकों को स्मार्ट फोन दिये जाने का फैसला किया है

इसके अलावा स्मार्ट फोन के माध्यम से राजस्व विभाग के खसरा खतौनी जांच फसल बीमा योजना के दावों तथा उपज में कमी आदि से जुड़ी स्थितियों का तेजी से आकलन किया जा सकेगा इसके साथ ही सभी तहसीलों को राजस्व के दावों को जल्दी निपटाने के लिये एक वाहन भी मुहैया कराये जाने का निर्णय लिया गया है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

उन्होंने कुंभ मेले में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी अवलोकन किया उन्होंने अक्षय वट और सरस्वती कूप के भी दर्शन किये

इस भ्रमण का आयोजन भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद ने किया है इसका उद्देश्य विदेशी मेहमानों को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराना और अन्य देशों के साथ भारत क संबंधों को मजबूत बनाना है सभी विदेशी मेहमानों ने संगम में स्नान के साथ अक्षय वट और सरस्वती कूप के दर्शन किये उन्होंने संस्कृति ग्राम में विभिन्न आयोजनों का आनंद भी लिया प्रयागराज क्म्म में विदेशी मेहमानों का यह तीसरा बड़ा दौरा है

इसके अलावा प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान भी अतिथियों ने कुम्भ का आनंद लिया था

वहीं तीर्थराज प्रयाग में मेले की रौनक अब धीरे धीरे कम हो रही है प्रमुख शाही स्नानों के समाप्त होन के बाद अब अखाड़ों की धर्मध्वजा कृंभ से उतरनी शुरू हो गई है और संत महात्मा धीरे धीरे संगम से विदा हो रहे हैं

प्रदेश में आतंकवाद रोधी दस्ते एटीएस ने आज सहारनपुर जिले के देवबंद से दो संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया राज्य के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने लखनऊ में मीडिया को बताया कि ये आतंकवादी स्थानीय य्वाओं को आतंकी गतिविधियों के लिए संगठन में भर्ती करते थे बाइट दो संदिग्ध आतंकवादी को पकड़ा है जिनका कनेक्शन जैश ए मोहम्मद से है ये दोनों कश्मीरी हैं और उनके नाम हैं शहनवाज वो जिला कुलग्राम का रहने वाला है और एक दूसरा साथी है आकिब अहमद मलिक वो कुलवामा का रहने वाला है इन आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री वीडियो और तस्वीरें बरामद की गई हैं बच्चों में कृमि संक्रमण से बचाव के लिये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में आगामी पच्चीस फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जायेगा

दवाई खिलाने का यह अभियान सभी स्कूलों आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित अन्य स्थलों पर चलाया जायेगा लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग से जूड़े अधिकारियों ने बताया कि दो साल तक के बच्चों को दो सौ मिलीग्राम अर्थात आधी गोली और दो वर्ष से ऊपर के लोगों को चार सौ मिलीग्राम एल्बेंडाजोल की पूरी गोली पीस कर खिलाई जायेगी कार्यक्रम से जुड़े एमसीएच के निदेशक डॉक्टर सुरेश चन्द्रा ने बताया कि कृमि नाशक दवा खाने से बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है यदि किसी बच्चे को पहले से तीव्र कृमि संक्रमण होता है तो जी मिचलाना हल्का पेट दर्द एक सामान्य बात है और वह स्वतः ठीक हो जाता है बुन्देलखंड में एक्सप्रेस वे परियोजना के लिये भूमि खरीदने का काम तेजी से चल रहा है

समाप्त